उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि गरीबों के जीवन में बदलाव लाने की सबसे बड़ी योजना बनी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर चुनाव के लिए कल जारी होगी अधिसूचना

प्रदेश में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने से लोगों ने कड़ाके की ठंड में थोड़ी राहत महसूस की

कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने विमान सौदे में बड़ा घोटाला होने का आरोप लगाया और कहा कि इस तरह की खरीद के लिए स्थापित प्रक्रियाओं की अनदेखी की गई

इस पर वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि राहल गांधी ने राफेल को लेकर जो भी आरोप लगाए है वे असत्य है श्री जेटली ने नेशनल हेराल्ड का मोमला उठाया और कांग्रेस पर विभिन्न मामलों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया

विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शोरगुल के बीच विधेयक पेश किया तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय कांग्रेस के शशि थरूर और आरएसपी के प्रेमचंद्रन ने यह आरोप लगाते हुए विधेयक पेश करने का विरोध किया कि इससे निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा सदस्यों की आशंकाओं को खारिज करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विधेयक में शीर्ष न्यायालय के फैसले का पालन किया गया है

उपराष्ट्रपति ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि दिसंबर तक एक करोड़ तीन लाख लोगों ने रसोई गैस सब्सिडी छोड़ दी थी जिसने बेहद गरीब वर्ग तक उज्ज्वला योजना का विस्तार करने में मदद की

कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चत हुई है

उन्होंने कहा कि शिक्षक अधिकारी तथा कर्मचारियों के ड्यूटी पर समय से नहीं पहुंचने और काम में कोताही को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा श्री गर्ग आज जयपुर में आयोजित राजकीय अभियांत्रिकी तथा पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे श्री गर्ग ने तकनीकी संस्थानों में विद्यार्थियों की घटती हई संख्या पर चिंता व्यक्त की और कहा कि अच्छे शिक्षक ग्णवत्तापूर्ण शिक्षा और कॉलेज छोड़ने के बाद अच्छा प्लेसमेंट देकर विद्यार्थियों को आकर्षित किया जा सकता है

उन्होंने वर्तमान स्थिति की जानकारी ली इसके बाद श्री खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान रोडवेज को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे

इसके लिए कल अधिसूचना जारी की जाएगी

नागौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि शिक्षा आयुक्त प्रदीप कुमार बोरड ने नागौर के राजकीय महाविद्यालय का निरीक्षण करने के बाद यह जानकारी दी

उन्होंने वहां ग्रामीणों को सम्बोधित किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर अग्रसर है

गौरतलब है कि पिछले महीने से स्वाइन फलू तथा अन्य मौसमी बीमारियों के रोगियों की संख्या में खासी बढोतरी हुई है और चिकित्सा विभाग ने इससे निपटने के लिए अलर्ट जारी किया है

जयपुर के सवाईमानसिंह चिकित्सालय अस्पताल सहित प्रदेश के अन्य मेडिकल कालेजों में आईसीयू के बेड्स बढ़ाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डा रघ् शर्मा की अध्यक्षता में आज अपराह शासन सचिवालय में आयोजित चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गयी

हनुमानगढ से हमारे संवाददाता ने बताया कि सरकार की इस नई पहल से उत्पादन लक्ष्य को भी गति मिलेगी

पुलिस के अनुसार ऊंचा नगला के पास आगरा जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या इक्कीस पर यह हादसा हुओ घायलों को भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया इधर पाली जिले के नेतरा गांव क पास दो ट्रकों की टक्कर में दो लोगों की मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल हो गया

दोनों आरोपी अपना खेत अपना काम योजना के अन्तर्गत बिल पास करने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहे थे

छह दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया